इस विजन को साकार करने के लिए भारत को तेजी से प्रगति करनी होगी और सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर आठ प्रतिशत बनाये रखनी होगी इसमें निजी निवेश रोजगार निर्यात और मांग पर आधारित विशेष रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है समीक्षा में यह भी बताया गया है कि पिछले पांच वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आर्थिक वृद्धि तथा बृहद आर्थिक स्थिरता के लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंचे आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि चालू खाता घाटा काबू करने लायक स्तर पर बना रहा तथा विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया

कृषि वानिकी और मत्स्यपालन क्षेत्र की वृद्धि दर दो दशमलव नौ प्रतिशत रहने की संभावना है

आर्थिक समीक्षा में सामाजिक हित के आंकड़ों की असीम संभावनाओं को रेखांकित किया गया है इसमें कहा गया है कि आंकड़े लोगों के लोगों द्वारा और लोगों के लिए होने चाहिएं जनसांख्यिकीय रूझानों से संकेत मिलता है कि बुजुर्गों की आबादी के लिए तैयारी करने की जरूरत है जिसके लिए स्वास्थ्य देखभाल पर ज्यादा निवेश करना होगा सेवानिवृत्ति की उम्र चरणबद्व ढंग से बढ़ाने की बात भी कही गई है

साथ ही कई भर्तियों के लिए आवेदन दोबारा भरवाये जा रहे हैं आज सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति के संबंध में जिला कलक्टरों से वीडियो कॉफेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल किया गया है तथा प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिये गये हैं

श्री कटारिया ने आजजयप्र में वीडियो कांफ्रेस के जरिए प्रभावित क्षेत्र के जिला कलेक्टरों टिड़डी चेतावनी संगठन और कृषि अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की उन्होंने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सीमा से सटे बाड़मेर और जैसलमेर जिले टिड़डी से ज्यादा प्रभावित है जहां आठ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डी नियंत्रण किया गया है जालौर जिले में भी दो दिन पहले टिड्डी मिली थी जिसे नियंत्रित कर लिया गया है उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर बीकानेर और जोधपुर जिलों में अभी तक कहीं भी टिड्डी आने की सूचना नहीं मिली है लेकिन सीमा से लगते क्षेत्र में टिड्डी होने के कारण इन जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है और नियंत्रण के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उन्होंने बताया कि टिड़डी पर फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं है उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य रखकर टिड्डी नियंत्रण में सहयोग लेने को कहा

कार्यशाला को संबोधित करते हुए सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक सतीश प्रनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस करता है कि वह राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ कार्य कर रहा है और यह विचारधारा जनसंघ के समय से चली आ रही है

कार्यशाला के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि सदस्यता अभियान में पार्टी के सभी मोर्चे अपना सक्रिय योगदान देंगे

इसमें मरीज या उसके परिजन अस्पतालों में आवश्यकताओं की जानकारी देने के साथ ही समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे

मौसम विभाग ने राज्य में पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर तथा पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं मध्यम बारिश की संभावना जताई है